उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत नया विचार नही है प्राचीन भारत आत्मनिर्भर था और विश्व में व्यापार का केनुद्र था

बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोग्नी करने मजबूत ब्नियादी ढांचा स्वस्थ भारत स्शासन य्वाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है वित्तमंत्री ने बजट अन्मानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है

सड़क और राजमार्ग ढ़ांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नये आर्थिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि तमिलनाड् में साढ़े तीन हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जायेगा इसके लिए एक लाख तीन हजार करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं

उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सरकार ने इसमें एक करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है अगले तीन वर्षों में सौ से अधिक जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जायेगा इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों निवारक उपचारात्मक स्धारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है

इसके अन्तर्गत प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और नई बीमारियों की पहचान करने तथा उनके इलाज के लिए और चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस बजट से उद्योग निवेश और ब्नियादी ढांचा क्षेत्र में बहत सकारात्मक बदलाव होंगे उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित इस बजट से सबको फायदा होगा उन्होंने कहा कि इस बजट से य्वाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि इसमें कई बदलावों का प्रावधान किया गया है जिससे देश के विकास और रोजगार सुजन में सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं का जीवन बेहतर और स्गम बनाने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं